विधानसभा चूनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने में आयी तेजी

चौदह अक्टूबर को कटिहार के मनिहारी घाट पर राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संदेश कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

इस चरण के च्रनाव के लिए एक हजार नब्बे प्रत्याशियों के नामांकन पत्र वैध पाये गये हैं इस चरण में एक हजार तीन सौ चौवन उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था जिसमें दो सौ चौंसठ नामांकन पर्चे सही नहीं पाये गये हमारे शेखपुरा संवाददाता ने बताया कि किसी भी उम्मीदवार ने नाम वापस नहीं लिया है जिले में इक्कीस उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं जिसमें ग्यारह शेखप्रा और दस बरबीघा विधानसभा क्षेत्र के हैं वहीं दूसरी और गया जिले के दस विधानसभा क्षेत्रों में एक सौ बहत्तर प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं इधर औरंगाबाद के छह विधानसभा क्षेत्रों से अठहत्तर प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्र भरने के काम में तेजी आयी है आज एनडीए से भाजपा प्रत्याशी नीतीश मिश्रा और महागठबंधन से राम नारायण मंडल ने झंझारपूर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन पर्चा दाखिल किया है वहीं भाजपा उम्मीदवार रेणु देवी ने बेतिया और नारायण साह ने नौतन विधानसभा क्षेत्र से नामांकन पत्र भरा इधर खगड़िया सीट से जदयू की प्रनम देवी यादव और जदयू के ही संजीव कुमार ने परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से अपना पर्चा दाखिल किया जदयू के राजकुमार राय ने हसनपुर और रामबालक सिंह ने विभूतिपुर क्षेत्र से नामजदगी का पर्चा भरा वहीं सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी सुनील कुमार कुशवाहा ने नामांकन दाखिल किया रून्नीसैदपुर विधानसभा क्षेत्र से जदयू प्रत्याशी पंकज मिश्रा निर्दलीय लव यादव और सोने लाल साह ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया शिवहर विधानसभा क्षेत्र से दो प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया महागठबंधन की ओर से राजद प्रत्याशी के रूप में चेतन आनंद और निर्दलीय संजय गुप्ता ने नामांकन पत्र भरा भाकपा के सूर्यकांत पासवान ने बखरी विधानसभा क्षेत्र से आज अपना पर्चा भरा दूसरे चरण के लिए सोलह अक्टूबर तक नामांकन पत्र भरे जायेंगे इस चरण में चौरानवे विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान तीन नवम्बर को होगा विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के लिए कल अधिसूचना जारी होगी साथ ही नामांकन पत्र भरने का काम भी कल से ही शुरू हो जायेगा इस चरण के तहत अठहत्तर सीटों पर सात नवम्बर को मतदान होना है नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि बीस अक्टूबर है नामांकन पत्रों की जांच इक्कीस अक्टूबर को होगी जबकि तेईस अक्टूबर तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि एनडीए की सरकार बनने के बाद सात निश्चय के दूसरे चरण पर काम होगा

भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दावा किया है कि राज्य में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी श्री मोदी झंझारपूर में पार्टी उम्मीदवार नीतीश मिश्र और वारिसलीगंज में अरूणा देवी के पक्ष में जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे उन्होंने लोगों से विकास के नाम पर एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में मतदान की अपील की जन अधिकार पार्टी ने आज दूसरे और तीसरे चरण के मतदान के लिए पचास उम्मीदवारों के नामों की अपनी सूची जारी की पार्टी के अध्यक्ष पप्प् यादव ने बताया कि नौतन से यादवेन्द्र कुमार बेतिया से सबिता सिंह नेपाली और बेलसंड से सुबोध कुमार यादव को उम्मीदवार बनाया गया है गोपालगंज जिले के भोरे सीट से महागठबंधन प्रत्याशी जितेन्द्र पासवान पर बिना अन्मति के सभा करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है अंचलाधिकारी राहल कुमार ने बताया कि बिना प्रशासन की अनुमति के विजयीपुर में सभा करने के आरोप में आठ नामजद और एक सौ पचास अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है भागलपुर जिले में आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में तीन प्रत्याशी समेत कई अन्य के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गयी है कहलगांव विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी शुभानंद मुकेश और भाजपा उम्मीदवार पवन कुमार यादव के खिलाफ नामांकन के दौरान कोविड के लिए निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने के आरोप में आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है राज्य के पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री विनोद सिंह का आज नई दिल्ली में एक निजी अस्पताल में ब्रेन हैमरेज के कारण निधन हो गया पिछले दिनों वे कोरोना वायरस से भी संक्रमित पाये गये थे कोरोना से ठीक होने के बाद उन्हें मस्तिष्क आघात हुआ था दिवंगत नेता कटिहार के प्राणपूर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक थे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गृह मंत्री अमित शाह राज्यपाल फागू चौहान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी विधान परिषद् के सभापति अवधेश नारायण सिंह उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव समेत राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों और कई गणमान्य लोगों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है विनोद सिंह का पार्थिव शरीर आज रात पटना लाया जायेगा इस बीच जिलाधिकारी कंवल तनुज ने बताया चौदह अक्टूर को कटिहार के मनिहारी घाट पर विनोद सिंह का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जायेगा केन्द्र सरकार ने त्योहारों के अवसर पर सभी कर्मचारियों को दस हजार रूपये का ब्याज मुक्त अग्रिम राशि देने का फैसला किया है आज नई दिल्ली में केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि छठे वेतन आयोग से केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को त्योहार के लिए अग्रिम देने की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी थी वित्त मंत्री ने देश में उपभोक्ता मांग में लगभग तिहत्तर हजार करोड रूपये तक की व्रद्धि के लिए पांच बड़ी योजनाओं की घोषणा की उन्होंने देश में मांग को बढ़ाने के कुछ नये प्रस्तावों का ब्यौरा दिया नये प्रस्तावों का उद्देश्य एलटीसी वाउचर और फेस्टिवल एडवांस देकर मांग को बढ़ाना है वित्तमंत्री ने बताया कि केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा पूंजी व्यय के लिए अतिरिक्त सैंतीस हजार करोड़ रूपये दिये जायेंगे उन्होंने बताया कि सरकारी कर्मचारियों को एलटीसी की दो हजार अठारह इक्कीस ब्लॉक अवधि के लिए दस दिन की छुट्टी के बदले नकद भूगतान किया जाएगा और उनकी पात्रता के अनुसार यात्रा किराया दिया जाएगा रेलवे ने मुजफ्फरपूर सहित उत्तर बिहार के विभिन्न स्टेशनों से कई जोड़ी नियमित ट्रेनों को चलाने का निर्णय लिया है इनमें मुजफ्फरपुर से दिल्ली जाने वाली गरीबरथ एक्सप्रेस ट्रेन भी शामिल है इसके अलावा मुजफ्फरपुर के रास्ते होकर चलने वाली दरभंगा लोकमान्य तिलक टर्मिनल पवन एक्सप्रेस को भी नियमित कर दिया गया है त्योहारों के दौरान भीड़ को देखते हुये रेलवे पन्द्रह से तीस नवम्बर तक पूजा स्पेशल ट्रेनों का भी परिचालन शुरू करेगी केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उन अफवाहों का खंडन किया है कि सरकार आर्थिक कारणों से कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराने में यूवा और नौकरीपेशा लोगों को प्राथमिकता देगी उन्होंने कहा कि प्राथमिकता समूहों का निर्धारण दो प्रमुख आधारों पर किया जायेगा ये आधार हैं संक्रमण से ग्रस्त होने की अधिक आशंका वाले लोग और कोविड उपचार में लगे पेशेवर लोग स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से ऐसी किसी भी खबर की पुष्टि किए बिना उसे साझा नहीं करने का आग्रह किया प्रदेश में अब तक एक लाख पचासी हजार पांच सौ तिरानवे कोविड रोगी स्वस्थ हो चुके हैं स्वस्थ होने की दर बढ़कर चौरानवे दशमलव दो एक प्रतिशत हो गयी है स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि एक दिन में एक हजार तीन सौ उनहत्तर रोगियों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी वहीं इसी अवधि में नौ मरीजों की मौत के साथ ही कोरोना के कारण जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर नौ सौ पचपन हो गयी है द्रसरी तरफ आज कोविड उन्नीस के सात सौ बत्तीस नये मामलों की प्रष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक लाख संतानवे हजार हो गयी है स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक आज पटना में दो सौ सत्रह नये मामलों की पुष्टि हुई है भागलपुर से पैंतालीस मधेपुरा और पूर्णियां से सैंतीस सैंतीस तथा सुपौल से इकतीस पॉजिटिव मामले आये हैं इसके अलावा अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या दस हजार चार सौ इक्यावन है देश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर बढ़कर छियासी दशमवल तीन छह प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान इकहत्तर हजार मरीज ठीक हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इकसठ लाख उनचास हजार से अधिक लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं वहीं इसी अवधि में संक्रमण के छियासठ हजार सात सौ बत्तीस नये मामलों की प्रष्टि होने के बाद संक्रमित लोगों की संख्या इकहत्तर लाख से अधिक हो गई है एक दिन में आठ सौ चौदह मरीजों की मौत के साथ ही मृतकों की कुल संख्या एक लाख नौ हजार एक सौ पचास हो गई है डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के कुलपति डॉक्टर आर सी श्रीवास्तव ने लोगों से कोविड से बचाव को लेकर सरकार और विशेषज्ञों द्वारा सुझाये गये सभी उपायों पर अमल करने की अपील की है

पत्र सूचना कार्यालय ने एक ट्वीट कर कहा है कि यह खबर पूरी तरफ फर्जी है केन्द्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलायी जा रही है वहीं पीआईबी ने उन खबरों का भी खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि केन्द्र सरकार अब पन्द्रह अक्टूबर से स्कूल और कॉलेज नहीं खोलेगी पीआईबी ने कहा है कि पन्द्रह अक्टूबर से स्कूल और कॉलेज खोलने के संबंध में सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं जमुई जिले के झाझा थाना क्षेत्र के मणिकथान जंगल में पुलिस और एसएसबी द्वारा चलाये गये सर्च ऑपरेशन के दौरान चालीस किलो विस्फोटक बरामद किया गया

विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने में आयी तेजी

चौदह अक्टूबर को कटिहार के मनिहारी घाट पर राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार